प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय चीन प्रवास के बाद स्वदेश लौटे एससीओ सम्मेलन में सुरक्षा और संपर्क बढ़ाने पर दिया जोर

किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की फसल निर्यात करने के लिए एपीडा की तर्ज पर प्रदेश में बोर्ड का गठन किया जायेगा

श्री चौहान ने उड़द उत्पादक किसानों से कृषक समृद्धि योजना में अपना पंजीयन कराने को कहा प्रदेश के अन्य जिलों में भी सम्मेलन आयोजित किये गये जिनमें केन्द्र और जिलों के मंत्रियों ने भाग लिया केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि गॉवों गरीब और किसान के हित में प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ है श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकार ने खेती का विकास और किसान के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है

डिण्डोरी में मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रसारण किया गया खंडवा में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सम्मेलन में भाग लिया खरगोन दतिया बड़वानी नरसिंहपुर मुरैना श्योपुर में भी सम्मेलन आयोजित किये गये मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की दो दिन की यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौट आये

शनिवार को चीन पहुॅचने के बाद श्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति श्री चिनफिंग के साथ एक घंटे तक बातचीत की जिसके कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आये

एससीओ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि भारत ऐसी संपर्क परियोजनाओं का स्वागत करता है जो समावेशी स्थाई और पारदर्शी हो

आयुक्त जनजातीय कार्य श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि विभागीय कीडा प्रतियोगिताओं में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय या संस्थाओं के छात्र छात्राएं ही भाग लेंगे अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा शालेय राज्य प्रतियोगिता में विभागीय दल के जनरल मैनेजर को प्रीनेशनल कैंप में चयनित खिलाडियों की खेल विधा एवं आयू की समूहवार सूची विभाग के राज्य कीडा अधिकारी एवं संबंधित जिले के कीडा प्रभारी को भेजने के निर्देश दिये गये है

कांग्रेस सम्मेलन राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने कहा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन जरूरी हो गया है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर किसानों की हालत सुधारने के लिए कई कदम उठायेगी उन्होंने कल उमरिया में कांग्रेस द्वारा आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों के दमन का आरोप लगाया श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है उन्होंने कहा कि जनता का भाजपा सरकार से मोहभंग हुआ है और लोग अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं

विद्यार्थियों के खाते में सीघे ऑनलाइन ये राशि हस्तांतरित की जायेगी समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह सहित अन्य मंत्री शामिल होंगे

उनमें से जिन पांच विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक होंगे उनके आधार पर परीक्षा परिणाम की गणना की जायेगी इसके आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा हालांकि अन पांच विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा

सब जूनियर ब्वॉयज सिंगल स्कल इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी भोलू शर्मा ने रजत पदक अर्जित किया मौसम मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा बिजली गिरने और आंधी का अनुमान व्यक्त किया है वहीं मध्यप्रदेश में दो दिनों से चल रही बारिश के चलते मौसम का रूख सुहावना हो गया है पिछले एक माह से पड रही भीषण गर्मी और बेतहाशा उमस से लोगों को राहत मिली है बैतूल जिले में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हुई इसके साथ तेज हवाओं के चलते संचार सुविधा भी बाधित होने की खबर सामने आयी जिले के नदी नालों में जलस्तर बढा है वहीं रीवा में शाम को बादल दिखायी दिये और इसके बाद झमाझम बारिश हुई जबलपुर और इंदौर में भी हल्की फूल्की बारिश दर्ज की गयी देवास में तेज हवा और आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई इससे सुबह से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली

सागर में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कल हड़ताल पर बैठे रोजगार सहायकों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया